उन्होंने इस महामारी से निपटने से उत्यन्न स्थिति और कार्य योजना पर चर्चा के लिए वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हए ये बात कही प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह इस तरह की चौथी बैठक थी श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या के बराबर है भारत सहित कई देशों की स्थिति मार्च के प्रारम्भ में लगभग एक जैसी थी लेकिन समय से कदम उठाये जाने के कारण भारत बहत लोगों की रक्षा करने में सफल रहा श्री मोदी ने चेतावनी दी कि इस वायरस का खतरा अभी बना हआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दो गज दूरी के मंत्र को दोहराते हए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने बताया कि कई लोग स्वयं ही घोषित कर रहे है कि उन्हें खांसी जुकाम या कोई अन्य लक्षण है और यह स्वागत योग्य चिन्ह है प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था और कोविड नाइन्टीन के खिलाफ संघर्ष को महत्व दिया जाना चाहिए केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि पूरा विश्व कोविड नाइन्टीन से निपटने में एकजुट हुआ है और जलवाय परिवर्तन से निपटने में भी इसी तरह के प्रयास की जरूरत है पीटर्सबर्ग जलवाय सवाद को भेजे संदेश में श्री जावर्डकर ने कहा कि कोविड नाइन्टीन से हमें शिक्षा मिली है कि देश अलग से कार्य नहीं कर सकते क्योंकि भविष्य सबके साथ जुडा हुआ है प्रदेश में समी सार्वजनिक समारोहों पर तीस जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस संकट के कारण तीस जुन तक कोई जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि इस बारे में आगे कोई भी निर्णय परिस्थिति पर निर्भर करेगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड नाइन्टीन के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है हमारे सवाददाता ने खबर दी है कि कल अटठावन वर्ष के एक व्यक्ति को प्लाज्मा थेरेपी दी गई किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एमएलबी गट्ट ने इसे एक एहतियात के तौर पर बताया और कहा कि उनका संस्थान कि भारतीय विकित्सा अनुसंघान परिषद को और से प्लाज्मा धेरेपी को अनुमति दिए जाने के बाद से ही इसकी तैयारी कर रहा था

अगर इस मरीज की तबीवत पूरी तरह से रीक हो सकती है तो ये कोविड संक्रमण के गंगीर मरीजों को प्लाज्मा ट्रांसप्यूजन पद्धति से ठीक करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा सुर्सील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पिछले दो दिनों के दौरान आंधी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हर नृकसान का आकलन कर तत्काल राहत पहचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वाराणसी चंदौली कशीनगर जौनपुर समेत राज्य के विमिन जनपरों में तेज वर्षा और ओलावृष्टि से गेह की कटी फसल और मंडियों में खुले में रखे गेह ं को भारी नुकसान पहंचा है

जौनपुर जिले में सुरेरी थाना क्षेत्र के गांव सरैया में कल आधी के दौरान दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और एक अन्य घायल हो गया गोरखपुर जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है थाना उरूवा के गांव हाटा ब्जर्ग में रहने वाला एक व्यक्ति कोविड नाइन्टीन से संक्रमित पाया गया उसे कल शाम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन ने बताया कि पचास वर्षीय यह व्यक्ति कल दोपहर ही दिल्ली से गोरखपुर पहंचा है उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हदयाघात के बाद उसे दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां से उसे एम्बुलेंस से गोरखपुर लाया गया उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को एहतियातन क्वारंटीन कर दिया गया है जिलाधिकारी ने गांव हाटा बुजुर्ग को सील करने के निर्देश दिए हैं अयोध्या से अच्छी खबर है पिछले सप्ताह जिले में कोरोना से संक्रमित मिली गर्भवती महिला की ताजा जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है उसके परिवार और अस्पताल में उसका उपचार करने वाले चिकित्सकों तथा स्टाफ समेत सभी चौवालीस लोगों की रिपोर्ट भी निगेटिव आयी है कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए ड्यूटी पर तैनाती के दौरान जान गंवाने वाले जौनपुर के उपनिरीक्षक रामजीत भारती का शव कल देर रात जिले की तहसील मछलीशहर रिथत उनके पैतुक गांव कोटवा लाया गया आज सुबह पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया श्री भारती फतेहपुर में पुलिस ड्यूटी पर तैनात थे